देश में कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण अगले महीने से होगा शुरू वसंत पंचमी का पर्व प्रदेशभर में मनाया जा रहा है उत्साह के साथ देवी सरस्वती की हो रही है प्रजा अर्चना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

वहीं नामांकन ऑनलाइन भी स्वीकार किए जाएंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कल जयपुर में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही श्री गुप्ता ने चुनाव संबंधी कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों को साझा किया

इससे पहले कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया

राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई

उन्होंने कहा कि अब तक कोविड टीके के कारण किसी को कोई गंभीर समस्या नहीं हुई

डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इन्कार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है

उन्होंने कहा कि इस महामारी से देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था मजबूत हुई है क्योंकि देश ने आपदा को अवसर में बदला है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में श्रोताओं के संदेश शामिल करने के लिए पिछले कुछ महीनों से विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ये चादर चढ़ाएंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री का संदेश पढकर सुनायेंगे

इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को वसंत पंचमी की बधाई और शुभकामना दी है